कई मुद्दों पर हो रही है बातचीत

अब तक दो लाख छियालीस हजार से अधिक मरीज ठीक हुए

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर के विभिन्न विभागों और संस्थाओं को सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिये ये पुरस्कार प्रदान किये बिहार को कोरोना काल में प्रभावित लोगों की मदद करने में नवाचारों और तकनीक की मदद से वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिये रजत प्रस्कार प्रदान किया गया यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग और एनआईसी ने राष्ट्रपति के कर कमलों से प्राप्त किया

कोविड आपदा के समय लोगों को मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी जिसका सामना सुचना तकनीक के माध्यम से किया गया एनआईसी की मदद से तैयार किये गये आपदा संपूर्ति पोर्टल ने प्रवासी मजदूरो को सीधे उनके बैंक खाते में मदद पहुंचाने में उत्लेखनीय भूमिका निभायी कोविड संकट के दौर में विहार के बाहर देश के अन्य हिस्सो में फंसे इक्कीस लाख से अधिक प्रभावित लोगों को एप के माध्यम से वित्तीय सहायता पहुंचाई गई इसके अलावा एक करोड़ चौंसठ लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को तीन महीने का अग्निम राशन प्रदान किया गया और एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी गई राज्य सरकार ने डेडिकेटेड कॉल सेंटर की व्यवस्था की थी इसके माध्यम से लोगों ने अपनी परेशानियां साझा कीं और कई लोगों को तत्काल सहायता भिल पायी आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कल्पना झा पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में सरकार की डिजिटल पहल को जारी रखना चाहिए उन्होंने कहा कि आबादी का एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है श्री कोविंद ने कहा कि प्रभावी नवाचारों के माध्यम से डिजिटल पहुंच को बढ़ाकर ऐसे लोगों की संख्या को कम से कम करने की आवश्यकता है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्म सम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें

क्या क्या हुआ मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है लेकिन भारतवासियों का मसतक झका नहीं है

हमारी नजर तो बस चिडियां की एक आंख होती है जो हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ेगे नहीं वैसे हमारी कोशिश यही होती है हम सनी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाके रखे प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव छह दो प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख छियालीस हजार तीन सौ छियासी रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मामलों में कमी आई है सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार छह सौ बीस हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ चौहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ संतानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं इस बीच राज्य में चार जनवरी से कॉलेज और स्कूल की बड़ी कक्षाओं को खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं राज्य शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तिहत्तर लाख फेस मास्क का वितरण करेगा इस अभियान में प्रत्येक विद्यार्थी को दो मास्क दिए जाएंगे देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छब्बीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक अंठानवे लाख चौंतीस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल दो दशमलव पांच छह प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है अभी देश में करीब दो लाख बासठ हजार रोगियों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटे में बीस हजार पांच सौ पचास लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या एक करोड दो लाख से अधिक हो गई है केन्द्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के नये रूप पर भी कारगर होगा नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अप्रभावी नहीं होगा

वायरस के नए रूप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राघवन ने कहा कि नए रूप में सत्रह महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में सामने आया वायरस का नया रूप अधिक संक्रामक है लेकिन बीमारी की गंभीरता को और नहीं बढ़ाता है

इस स्टेज पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है

यह निर्देश भी दिया गया है कि नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोकने के उपाय किए जाएं पीएमसीएच सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है स्वास्थ्य विभाग से बातचीत के बावजूद हड़ताल समाप्त करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा हड़ताल के कारण राज्य के सभी प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आयकर विभाग ने आकलन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है अब अगले महीने की दस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल किये जा सकते हैं विभाग ने कोविड उन्नीस के चलते करदाताओं को हो रही समस्या के मद्देनजर यह फैसला किया है केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में जारी है सरकार ने तीन क्रषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए पत्र लिखकर प्रदर्शनकारी किसानों के चालीस संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस वार्ता में भाग ले रहे हैं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है मौसम विभाग ने कहा है कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले दो तीन दिनों तक सुबह और शाम के समय राज्य के कई हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा

केन्द्र सरकार ने देश में पहली पीढ़ी वन जी एथेनाल का उत्पादन बढाने के लिए चावल गेहूं जौ मक्का ज्वार गन्ना और चुकंदर इत्यादि से एथेनॉल निकालने की क्षमता बढाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि एथेनॉल उत्पादक नई डिस्ट्रिलरी को चार हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ रुपये की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि भारत को तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के वास्ते दो हजार तीस तक लगभग एक हजार करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी केन्द्र ने देश में बिजली की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है वैश्विक महामारी के बावजूद करीब अठारह महीने की अवधि में ही लगभग दो करोड़ अस्सी लाख नए बिजली उपभोक्ता बने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केन्द्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार हर घर तक चौबीस घंटे बिजली पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोविड उन्नीस महामारी के कारण मारे गये पत्रकारों के परिवारों की मदद के लिए विशेष अभियान चला रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने पत्रकार कल्याण योजना जे डब्ल्यू एस के तहत ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरु की है इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक परिजनों को एक निर्धारित आवेदन पत्र में पीआईबी को सूचना उपलब्ध करानी होगी आवेदन का प्रारूप पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है आवेदन के साथ दिवंगत पत्रकार के श्रमजीवी पत्रकार होने का प्रमाण कोरोना के संक्रमण के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र और आय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा संबंधित आवेदन पीआईबी के अपर महानिदेशक के पास ई मेल से भेजे जा सकते हैं

इस दौरान उन्होंने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र से जुड़ी रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं पर चर्चा की चर्चा के दौरान सांसद ने अयोध्या से जनकपुर जयनगर से जनकपुर और रक्सौल से काठमांडू तक सीधी रेल सेवा शुरू करने का अनुरोध किया इधर समस्तीपुर रेल मंडल ने दरभंगा और झंझारपुर के बीच परसो से एक जोड़ी सवारी गाड़ी चलाने का निर्णय किया है यह ट्रेन सुबह पौने सात बजे झंझारपुर से खुलेगी वापसी में यह रेलगाड़ी शाम सात बजे दरभंगा से रवाना होगी मुजफ्फरपुर में आज बत्तीसवीं बिहार बटालियन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कैडेट को एनसीसी सर्टिफिकेट और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिये प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया एनसीसी के बिहार झारखंड क्षेत्र के प्रमुख मेजर जनरल एम इंद्रबालन ने इस अवसर पर सतहत्तर कैडेट्स को एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्रदान किया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में शिवहर नगर पंचायत को देश के सर्वश्रेष्ठ पांच नगर निकायों में शामिल किया गया है केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिये शिवहर नगर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया जायेगा कटिहार पुलिस पिछले दिनों गिरफ्तार किये गये पांच अफगानिस्तान के नागरिकों के बारे में सही जानकारी के लिये उनकी तस्वीर भारतीय और अफगानिस्तान के दूतावास को भेजेगी दरभंगा जिले के बड़ा बाजार सोना लूटकांड में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इस कांड का मुख्य सरगना विकास झा भी गिरफ्तार हो चुका है

कई मुद्दों पर हो रही है बातचीत

अब तक दो लाख छियालीस हजार से अधिक मरीज ठीक हुए